सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें

प्रधानमंत्री ऑक्सीजन और दवा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ऑक्सीजन और दवाओं की उपलब्धता और आपूर्ति की समीक्षा के लिए उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की बैठक के दौरान उन्हें बताया गया कि सरकार कोविड के प्रबंधन के साथ साथ म्युको माईकोसिस में इस्तेमाल होने वाली दवाओं की आपूर्ति पर निगरानी रखे हये है प्रधान मंत्री को यह भी जानकारी दी गयी कि रेमेडिसविर सहित सभी दवाओं के उत्पादन में पिछले कुछ सप्ताहों में काफी वृद्धि हुई है श्री मोदी ने कहा कि भारत के पास बहुत ही बेहतरीन दवा क्षेत्र है सरकार उनके साथ निरंतर नजदीकी तालमेल बढाकर सभी दवाओं की उचित उपलब्धता सुनिश्चित करेगी प्रधानमंत्री ने देश में ऑक्सीजन की उपलब्धता और आपूर्ति के हालात का भी जायजा लिया प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि राज्यों को समयबद्ध तरीके से वेंटिलेटर के संचालन के लिए कहा जाना चाहिए उधर पी एम केयर्स कोष से ऑक्सीकेयर सिस्टम की एक लाख पचास हजार इकाइयों की खरीद की मंजूरी दी गई है

पहली म्यूकोर यूनिट कोरोना महामारी में प्रमुखता से सामने आये पोस्ट कोविड कॉम्प्लीकेशन म्युकोर माइकोसिस यानि ब्लेक फन्गस बीमारी से निपटने के लिए प्रदेश में म्यूकोर यूनिट की स्थापना की जा रही है

इन यूनिटों में म्यूकोर के मरीजों का उपचार और ऑपरेंशन जैसी व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है कोविंड पॉजिटिव एवं नेगेटिव दोनों मरीजों में म्यूकोर इन्फेक्शन होने पर पृथक पृथक ऑपरेशन थियेटर मरीजों के उपचार के लिये तैयार किये जायेंगे इन युनिटों का उद्देश्य म्युकोर के मरीजों को त्वरित इलाज करना है इसके लिये विशेष रूप से अमेरिका के संक्रमक बीमारी के विशेषज्ञ डॉ मनोज जैन का चिकित्सकीय तकनीकी सहयोग भी प्राप्त किया जा रहा है राज्य के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने इस बीमारी के संबंध में कल प्रदेश के चिकित्सा विशेषज्ञों के साथ मंथन किया

वार्ड के सभी बिस्तरों में ऑक्सीजन कसंट्रेटर की सुविधा उपलब्ध है ट्रस्ट के प्रशासक डॉ इलेश जैन ने बताया कि यह सुविधा उन लोगो के लिए है जिनके पास होम आइसोलेशन की सुविधा नही हैं उन्होने बताया कि जो भी कोरोना मरीज इस वार्ड में भर्ती होगा उनको सारी सुविधा बेड दवा भोजन पूरी तरह से निःशुल्क रहेगी इंदौर दौरा स्वास्थ्य मंत्री डॉ प्रभुराम चौधरी ने इन्दौर भ्रमण के दौरान कल मरीजो से टेलीफोन पर चर्चा कर उन्हें उपलब्ध करायी जा रही सेवाओं की जानकारी ली

इन ट्रेनों में रीवा जबलपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस और जबलपुर इंदौर ओव्हर नाइट एक्सप्रेस सहित हरिद्वार और लखनऊ जाने वाली ट्रेन शामिल हैं इन ट्रेनों को यात्री संख्या में भारी कमी के कारण रदद किया गया है जन आंदोलन कोरोना सर्वायर महेन्द्र यादव ने कहा है कि कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है उन्होंने लोगों से कोविड टीका लगवाने की अपील की है

जबलप्र में कोरोना संक्रमण के बीच अब ब्लैक फंगस बीमारी के दर्जन भर मरीज मिलने से जिला प्रशासन की चिंता बढ़ गयी है

उमरिया में कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने होम आईसोलेशन वाले कोरोना मरीजों को आक्सीजन सिलेंडर की घर पहुंच सेवा शुरू की है रीवा में प्रभारी मंत्री रामखेलावन पटेल ने मऊगंज के कोविड केयर सेंटर और टीकाकरण केन्द्र देवरी का अवलोकन करते हुए कहा कि शत्प्रतिशत ग्रामीणों को प्रेरित कर उनका टीकाकरण कराया जाय उधर रीवा सांसद जनार्देन मिश्र भी लगातार क्वारंटीन रोगियों से उनके स्वास्थ्य जानकारी ले रहे हैं

डिण्डोरी में सड़कों पर बेवजह घुमने वालों को पुलिस ने कोरोना कर्फ्यू का पालन करने की शपथ दिलाई